प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा अंतिम खेत तक पानी पहॅचाना प्रदेश सरकार की है सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल तेरहयें जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अर्जेन्टीना की राजधानी व्युनस आयर्स के लिए खाना हो गये हैं विदेश यात्रा पर खाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि जी ट्वन्टी संगठन ने अपने गठन के दस वर्षो में विश्व की बीस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बहफ्कीय सहयोग को बढ़ावा देने का काम किया है प्रघानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जी ट्वन्टी शिखर सम्मेलन में भारत ऐसे परिष्कृत बहुराष्ट्रवाद की आवश्यकता पर बल देगा जो समसामयिक वास्तविकताओं को व्यक्त कर सके और विश्व के कल्याण के लिये सामूहिक कार्रवाई को कारगर ढंग से मजबूती प्रदान कर सके श्री मोदी ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों और वित्तीय आतंक पैदा करने वालों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन के राष्ट्रपति जर्मनी की चांसलर स्पेन के प्रधानमंत्री और संयुक्तराष्ट्र महासविव सहित अनेक विश्व नेताओं से अलग अलग मुलाकात भी करेंगे

केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और हरसिमरत कौर बादल कल पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गलियारे के शिलान्यास समारोह में शामिल हुए इस गलियारे के शुरू हो जाने के बाद भारत में डेरा बाबा नानक से सिख श्रद्दालु पाकिस्तान में बिना वीजा के करतारपुर में दर्शन कर सकेंगे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कल नरोवाल में करतारपुर गलियारे का शिलान्यास किया इस अवसर पर श्रीमती बादल ने कहा कि सिख समुदाय के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है

श्री पुरी ने एक बयान में कहा कि इस यात्रा पर आने को वे अपना सौमाग्य मानते हैं और सिख समुदाय की एक पुरानी मांग पूरी हुई है यह समारोह लाहौर से करीब एक सौ बीस किलोमीटर दूर नारोवाल में आयोजित किया गया इससे पहले उपराष्ट्रपति एम र्वेकैया नायडू ने सोमवार को पंजाब में गुरदासपुर जिले के मान्न गांव में पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक कर्तारपुर गलियारे की आघारशिला रखी थी इस गलियारे का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर भारतीय श्रद्दाल्ओं को गुरूद्वारा करतारपुर साहिब पहंचना आसान हो जाएगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह ही अगले वर्ष गुरू नानक देव जी की पांच सौ पचास वीं जयंती मनाने के उपलक्ष्य में इस गलियारे के विकास और निर्माण की मंजूरी दी थी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगा श्रीमती स्वराज पाकिस्तान के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थीं जिसमें उसने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सार्क शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाएगा कल हैदराबाद में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती स्वराज ने कहा कि करतारपुर गलियारे की पहल भारत पाकिस्तान वार्ता प्रक्रिया से जुड़ी नहीं है उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों के रुकने पर ही बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है उन्होंने भारत के इस रूख को दोहराया कि आतंक और वार्ता साथ साथ नहीं चल सकते

इसको सफल बनाना सिंचाई विमाग की नैतिक जिम्मेदारी है इस बात के निर्देश देते हुये सिंचाई मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने लखनऊ के परिकल्प भवन में विभिन्न संगठनों के मुख्य अभियन्ताओं से नहरों की सिल्ट सफाई एवं सड़कों को गड़द्वा मुक्त किए जाने के संबंध में कराये जा रहे कायों की वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से अध्यतन प्रगति की समीक्षा की श्री सिंह ने और भी कई बिन्द्रओं पर विभागीय अधिकारियों से चर्चा की सिंवाई मंत्री ने कहा की प्रदेश में भ्रमण के दौरान किसानों ने उन्हें बताया है कि ऐसी नहरें हैं जिनमें लगभग बीस साल से पानी नहीं आ रहा था प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब उन नहरों में पानी आ रहा है श्री सिंह ने कहा कि सिल्ट सफाई का कार्य गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छा है लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमण कर सिल्ट सफाई के कायों को पूर्ण मनोयोग से सम्पादित कराना होगा श्री सिंह ने अधिकारियों से अपेक्षा की वे स्थानीय जन प्रतिनिधियों से लगातार संपर्क स्थापित करें और उनको आमंत्रित कर सिल्ट सफाई का कार्य शुभारम्भ करायें प्रदेश सरकार ने भारत सरकार की योजना के अनुसार दिव्यांगजनों हेत् विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र यूडीआईडी बनाये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं केन्द्र सरकार की परियोजना का प्रमुख उद्देश्य देश के सभी दिव्यांगजनों का एक समग्र डाटा बेस विकसित कर उसके तहत समी दिव्यांगजनों का एक पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना है यह प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस परियोजना के तहत जिलाधिकारी मुख्य चिकित्साधिकारी तथा जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी की एक तीन सदस्यीय टीम गठित होगी जो परियोजना की प्रगति का अनुश्रवण करेगी उन्होंने बताया कि वर्तमान में जो प्रमाण पत्र दिव्यांगजन को जारी किये जा रहे हैं वह केवल प्रदेश में ही मान्य है नये प्रमाण पत्र से दिव्यांगजन देश में कही भी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कल नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों के लिए खेल कृद प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया इन खेलों में अट्ठारह राज्यों के छह सौ से अधिक बच्चे भाग ले रहे हैं इस अवसर पर मुक्केबाज एम सी मैरीकॉम ने बच्चों को खेल भावना की शपथ दिलाई श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बच्चों के सुरक्षित भविष्य और विकास के लिए कई अहम कदम उठाये हैं उन्वासवां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव कल गोआ में एक भव्य समारोह के साथ सम्पन्न हो गया समापन समारोह कल शाम तेलईगांव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित किया गया कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यटन मंत्री केजी अल्फॉस और गोआ की राज्यपाल मृदला सिन्हा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे नौ दिन तक चले इस समारोह में सड़सठ देशों की दो सौ बाईस फिल्में दिखाई गई इस वर्ष इसाइल को विशेष देश और झारखंड को विशेष राज्य के रूप में शामिल किया गया ऐसा पहली बार हुआ है जब इफी में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया हो इस अवसर पर सुचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि उनन्वासवें फिल्मोत्सव के समापन के साथ ही अगले वर्ष गोल्डेन जुबली समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि अगले फिल्म समारोह में इस बात का प्रयास होगा कि थियेटर और शो की संख्या बढ़ाई जाये तथा ज्यादा संख्या में लोग भाग ले सके प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौघरी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान के तहत योजनाओं का लाम आम लोगों को सुलम कराने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं उदासीनता बर्दास्त नहीं की जायेगी श्री चौघरी गोमतीनगर स्थित भागीदारी भवन में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने समीक्षा के दौरान छात्रवृत्तियों के वितरण में आ रही दिक्कतों को दूर करके छात्रों को तत्काल छात्रवृत्ति वितरण के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि छात्रों को छात्रवृत्ति समय से मिलने से उनका अध्ययन नियमित रूप से हो सकेगा उन्होंने शादी अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए आवश्यक धनराशि जारी कर दी है समीक्षा कार्यक्रम में मुस्लिम वक्फ मंत्री श्री मोहसिन रजा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन वक्फ सम्पतियों पर लोगों द्वारा अवैव कब्जा कर लिया गया है उन्हें श्रीर्ष प्राथमिकता के साथ कब्जा मुक्त कराया जाये